वाराणसी में कल कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर देव दीपावली कार्यक्रम का उदघाटन करने के बाद अपने सम्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रवानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयार्सों से पिछले साढ़े चार वर्ष में वाराणसी का भौतिक विकास दिखायी देने लगा है उन्होंने कहा कि वाराणसी में गंगा जी के घाटों को आपस में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है इसके अलावा धर्म स्थलों के साथ साथ श्री काशी विश्वनाथ कॉरीडोर विकास के कार्य को पावन पथ योजना के तहत क्रियान्वित कराया जा रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में वाराणसी अयोध्या सहित कई स्थानों में देव दीपावली का भव्य आयोजन किया गया

भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार के डेढ़ वर्ष के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश एक बड़े धार्मिक पर्यटन केन्द्र के रूप में उभरा है

उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक और प्राकृतिक रूप से समृद्व बुन्देलखण्ड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का प्रयास पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया लेकिन योगी सरकार ने बुन्देलखण्ड की अनमोल सांस्कृतिक विरासत को नयी पहचान देने का प्रयास शुरू किया है यह पहला मौका है जब किसी मुख्यमंत्री ने गढ़मुक्तेश्वर के पौराणिक गंगा मेले में शिरकत की उन्होंने कहा कि सांस्कृतिक नगरी वाराणसी में देव दीपावली मनाने वाले योगी आदित्यनाथ पहले मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश की सांस्कृतिक विरासतों को दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है प्रदेश में बच्चों को मीजल्स खसरा और रूबेला जैसी खतरनाक बीमारी से मुक्त कराने के लिए छब्बीस नवम्बर से विशेष अभियान चलाकर आठ लाख बच्चों को टीका लगाया जायेगा पाँच सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान के तहत नौ माह से पन्द्रह वर्ष तक के हर बच्चे को टीका लगाया जायेगा स्वास्थ्य विभाग ने सर्वे करके लगभग छः लाख बच्चों को चिन्हित किया है लखनऊ में आयोजित एक कार्यशाला में वक्ताओं ने बताया कि रूबेला एक संक्रामक रोग है जो व्यापक रूप से बच्चों और व्यस्को में देखा गया है रूबेला का संक्रमण यदि गर्भावस्था में गर्मस्थ शियु को हो जाता है तो बच्चे के विकास में बाधा पहुंचती है इससे गर्मपात जन्मजात विकलांगता मृत्यु प्रसव और मानसिक विकास रूक जाता है उन्होंने बताया कि इस टीकाकरण अभियान में अध्यापक आंगनबाड़ी कार्यकत्री आशा एएनएम और सामाजिक संगठनों के अलावा ग्राम प्रधानों से भी सहयोग लिया जायेगा टीकाकरण के लिए स्कूलों में विशेष व्यवस्था की गयी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल दिन में ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा करेंगे

आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी तथा दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चौनलों तथा आकाशवाणी की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जीओवी डॉट आईएन और डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट न्यूजि ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट आईएन पर भी यह उपलब्ध रहेगा हिन्दी प्रसारण के तुरन्त बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में भी इस कार्यक्रम का प्रसारण होगा क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात कार्यक्रम रात आठ बजे फिर से सुना जा सकेगा प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल से दस दिवसीय लखनऊ महोत्सव शुरू हो रहा है अटल संस्कृति अटल विरासत थीम पर आधारित इस महोत्सव का उदघाटन योगी आदित्यनाथ कल शाम करेंगे महोत्सव का समापन पाँच दिसम्बर को राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया जायेगा महोत्सव की तैयारी के सम्बन्ध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि महोत्सव में अटल जी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी लगायी जायेगी इसके साथ ही अटल दीर्घा में फोटो गैलरी लाइब्रेरी ऑडियो वीडियो शो और क्विज आदि के भी आयोजन किये जायेंगे